बाइट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नये भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है इसके पीछे पिछले चार पांच वर्षो की कड़ी मेहनत है हर क्षेत्र हर विद्या हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभी प्ररा नहीं हुआ है एक प्रकार से कहें तो यह काम की असली शुरूआत हुई है अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्हाने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जायेगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे श्रो मोदी ने कहा कि स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने का पहला अनुभव होता ह उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिये शिक्षा दो जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए बाइट मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिट्रसी एंड न्यू मर्सी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा प्रारंभिक भाषा का ज्ञान संख्या का ज्ञान बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास यह बहुत आवश्यक होता है बच्चा आगे जाकर रीड दू लर्न करें इसके लिए जरूरी है कि शुरूआत में वो लर्न टू रीड करना सीखें लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की विकास यात्रा फाउंडेशनल लिट्रसी एंड न्यू मर्सी के माध्यम से पूरी की जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा है कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख बनाया जाएगा जो विद्यार्थियों के चह मुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन आर ज्ञान का आकलन समीक्षा तथा विश्लेंषण करेगा बाइट मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक नये राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख की स्थापना भी की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी इसमें क्यो बदलाव किया जा रहा है यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्ययम है भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में डेढ़ लाख सैम्पल की हर दिन जांच की जाये

उन्होंने कानपुर नगर के कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या में भी वृद्धि करने के लिये कहा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

गोरखपूर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिये यूपीडा द्वारा जनपद गोरखपुर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ को दो सौ चौहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनोश क्मार अवस्थी ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिये जिन किसानों की जमीन ली गई उनका भुगतान एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करे जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े गौरतलब है कि गोरखपुर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है इसमें लगभग अड़सठ प्रतिशत क्लियरिंग एण्ड ग्रैविंग और तेरह प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक भवन में सौर ऊर्जा चालित मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना का प्रस्तुतीकरण देखा उन्हाने कहा कि वर्तमान सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर रही है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस योजना को इस प्रकार से संचालित किया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान लाभान्वित हो सकें कार्यक्रम में यह अवगत कराया गया कि यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप मे संचालित की जायेगी जिसमें नलकूप के पम्प का संचालन सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जायेगा यह योजना भारत सरकार की कुसुम योजना से पोषित होगी मथुरा जनपद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडरों को लाभ दिलाने का कार्य शुरू हो गया है

जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के मिशन प्रबंधक नितिन कुमार ने बताया कि दुकानदारों से आवेदन लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है

केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्यों के बीच चिकित्सोय ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई रोक न लगाई जाये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एसा देखा जा रहा है कि कुछ राज्य विभिन्न अधिनियमा के प्रावधानों के जरिये ऑक्सीजन की निःशुल्क आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं वे राज्य के विनिर्माताआ और आपूर्तिकर्ताओं से राज्य के अस्पतालों तक हो ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित रखने को कह रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है

वह इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी